और मुहर्रम के अवसर पर प्रदेशभर में निकाले जा रहे हैं ताजिया जुलूस

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में गिरफ्तार समाज कल्याण विभाग की पूर्व सहायक निदेशक रोजी रानी और तीन अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया है सीबीआई ने चारों को मुजफ्फरपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया गौरतलब है कि सीबीआई ने कल समाज कल्याण विभाग की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया था अपनी पदस्थापना के दौरान रोजी रानी बालिका गृह के निरीक्षण की प्रभारी थी जांच एजेंसी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था के तीन कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था राज्य की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है घर में अवैध कारतूस रखने के मामले में पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश के बाद चन्द्रशेखर वर्मा भूमिगत हो गये हैं गौरतलब है कि पिछले दिनों बेगूसराय में सीबीआई ने मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड मामले में पूर्व मंत्री के पति के घर छापेमारी की थी इस दौरान बड़ी संख्या में अवैध कारतूस बरामद हुए थे जांच एजेंसी ने इस संबंध में चेरिया बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी स्थानीय अदालत ने कारतूस बरामदगी मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकूर के साथ चन्द्रशेखर वर्मा के बीच बातचीत का टेप सामने आया था इसके बाद मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि देश में लोगों को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गुमराह किया जा रहा है पटना में श्री टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में भजनांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजय पासवान सहित कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपीसिंह ने कहा कि लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है श्री सिंह ने कहा कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से भाजपा बातचीत कर रही है और जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में एक हजार तीन सौ बारह विशेष कृषि फिडर के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करायी जायेगी श्री मोदी ने आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले वर्ष मार्च तक इन फिडरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा इसपर छह हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे श्री मोदी ने कहा कि इससे सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भरता कम होगी और खेती की लागत में भी कमी आयेगी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जायेगा पटना सहित राज्य के पांच जिलों में तिरासी प्रखंडों के भीतर सब्जी उत्पादकों की सहकारी समितियों के गठन का कार्य पूरा हो गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है श्री कुमार आज जमुई में नौ करोड़ अठासी लाख रूपये की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है और यह कार्य आगे भी जारी रहेगा कृषि मंत्री ने कहा कि नौ लाख चौदह हजार किसानों को डीजल सब्सिडी की राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दी गयी है उन्होंने कहा कि अब पंचायत स्तर पर आठ हजार चार सौ पांच कृषि कार्यालय खोले जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना भागलपुर मुंगेर लखीसराय शेखपुरा जहानाबाद और नालंदा में कई स्थानों पर दिन में तेज बारिश हुई वहीं दरभंगा सहरसा समस्तीपुर वैशाली पूर्णिया मधेपुरा बेगूसराय खगड़िया सारण भोजपुर बक्सर गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है अगले चौबीस घंटे के पूर्वानुमान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गयी है सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर बारिश नालंदा जिले के बिहारशरीफ में दर्ज की गयी है

इस दिन को पैगम्बर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कर्बला में सच्चाई पवित्रता और न्याय की रक्षा में अपना बलिदान दिया था हजरत इमाम हुसैन के नारे बुलंद करते हुये लोग यौम ए आशूरा के दिन गमगीन माहौल में ताजिये लेकर ज़ुलूस की शक्ल में करबला की ओर चल रहे हैं शहीदों के बलिदान की याद में मजलिसें और धार्मिक बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत को नमन करते हुये उन्हें श्रद्धांजलि दी है मुहर्रम को देखते हुये प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील जिलों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जगह जगह दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अरवल जिले में गरीब परिवारों की दिनचर्या को खूशहाल बना रही है जिले में बयालीस हजार से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं

एक गृहिणी शांति देवी ने बताया कि रसोई गैस कनेक्शन मिलने से परिवार के लिए भी काफी समय मिल पाता है

आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चंद्रभूषण कुमार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री को उनकी जयंती पर आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर पटना में भजनांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजय पासवान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे राजधानी पटना के कोतवाली थाना के पास आज दिनदहाड़े अपराधियों ने एक गोली मारकर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के सहयोगी फिरोज उर्फ तबरेज की हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि फिरोज का आपराधिक इतिहास रहा है और वह शार्प शूटर के रूप में वारदातों को अंजाम देता था प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाईकिल पर सवार दो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया पूलिस पूरे इलाके की नाकेबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर अट्ठाईस सितंबर से पंद्रह अक्टूबर तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि पुल के स्पैन में आई दरार की मरम्मत कार्य के कारण यह फैसला किया गया है भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारी संघों के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर आज कर्मचारियों ने मुख्य महाप्रबंधक का घंटों घेराव किया और धरना दिया शेखप्ररा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारपुर गांव से पुलिस ने दस लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में बिहार सैन्य पुलिस की सोलहवीं बटालियन द्वारा आज नशामुक्ति अभियान चलाया गया इसका नेतृत्व बीएमपी के सोलहवीं बटालियन के कमांडेट सुनील कुमार ने किया

और मुहर्रम के अवसर पर प्रदेशभर में निकाले जा रहे हैं ताजिया जुलूस